उन्होंने उम्मीद जताई कि इनवैस्टर्स मीट हिमाचल की खुशहाली और विकास के नए द्वार खोलेगी धर्मशाला ग्लोबल इनवैस्टर्स मीट को लेकर राज्य सरकार ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं शिमला में संवाददाताओं से बातचीत में मुख्यमंत्री जयराम ठाकर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इस दो दिवसीय आयोजन का शुभारम्भ करेंगे इनवैस्टर्स मीट के समापन अवसर पर केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह मृख्य रूप से मौजूद रहेंगे कई अन्य केन्द्रीय मंत्रियों के भी इस आयोजन में शामिल होने की संभावना है

उन्होंने कहा कि इनवैस्टर्स मीट के माध्यम से राज्य सरकार निवेश के क्षेत्र में हिमाचल को अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर लाने का प्रयास करेगी कुछ लोगों द्वारा इनवैस्टर्स मीट को फिजूलखर्ची बताने के मुददे पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि प्रदेश पर इसका कम से कम आर्थिक बोझ पड़े

उन्होंने उम्मीद जताई कि ग्लोबल इनवैस्टर्स मीट के सकारात्मक परिणाम सामने आएंगे और प्रदेश का आर्थिक विकास संभव होगा

उन्होंने पुलिस मैदान में चल रहे कार्यों का निरीक्षण कर इसमें तेज़ी लाने के निर्देश दिए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 जनमंच प्रदेश के पांच जिलों में आज जनमंच कार्यक्रम आयोजित किए गए

सिंचाई व जन स्वास्थ्य मंत्री महेन्द्र सिंह ठाकुर ने हमीरपुर के नादौन क्षेत्र के सेरा में कार्यक्रम की अध्यक्षता की उन्होंने कहा कि जनमंच से विकास कार्यो में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ी है शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने ठियोग क्षेत्र के वीरगढ़ में जनसमस्याएं सुनीं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 मण्डी ज़िले के सलापड़ में हए कार्यक्रम में उद्योग मंत्री बिक्रम ठाकुर ने अधिकारियों से सेवा भाव से काम करने का आह्वान किया

ऊना के दौलतपुर चौक में जनमंच के मौके पर विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज ने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र के नेतृत्व में सरकार पूरी पारदर्शिता से काम कर रही है कृषि मंत्री रामलाल मारकण्डा ने बिलासपुर जिले में झण्ड्रता विधानसभा क्षेत्र के कलोल में जनसमस्याएं सुनीं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

दूसरी ओर वीरेन्द्र कंवर ने आज ऊना जिले के चताड़ा में दंगल प्रतियोगिता का भी शुभारम्भ किया

कार्यशाला महिलाओं को उनके कानूनी अधिकारों के बारे में जागरूक करने के उददेश्य से सोलन में तीन दिवसीय कार्यशाला लगाई गई विधिक सेवा प्राधिकरण की जिला सचिव ग्रमीत कौर ने महिलाओं को जागरूक किया शिविर के निदेशक जितेन्द्र तिवारी ने बताया कि महिलाएं यदि अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होंगी तभी वे विकास में भागीदार बन सकेंगी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 सोलन जिले के परवाणू में आज एक क्रिकेट प्रतियोगिता के शुभारम्भ पर उन्होंने कहा कि खेल सभी के सम्पूर्ण विकास के लिए ज़रूरी है सैजल ने कहा कि लोक परम्पराओं का ज्ञान विकास का मार्ग प्रशस्त करता है ऐसे में युवाओं को अपनी परम्पराओं से जुड़े रहना आवश्यक है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 प्राप्त जानकारी के अनुसार रोहतांग कुंजुम और बारालाचा दर्रों सहित लाहौल घाटी की सभी चोटियों पर दो से तीन इंच तक ताज़ा हिमपात हुआ है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 ज़िला पुलिस अधीक्षक गौरव सिंह ने बताया कि बर्फबारी के चलते रोहतांग दर्रे की ओर वाहनों की आवाजाही पर रोक लगाई गई है दूसरी ओर राज्य के कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा भी हुई है

निधन दूरदर्शन के सेवानिवृत कार्यक्रम निष्पादक बीके महेन्द्र का आज तड़के निधन हो गया है उनका जालंधर स्थित उनके पैतुक स्थल पर अंतिम संस्कार किया गया